पाक्के केसांग जिले के लोगों को नए जिले की बधाई देते हुए राज्यपाल ने उम्मीद जताई है कि यहां के लोगों को प्रभावी प्रशासनिक सुविधा उपलब्ध होगी और तेजी से विकास का लाभ मिलेगा उन्होंने लोगों सरकारी अधिकारियों गांव ब्रढ़ा गांव ब्रढ़ी और ठेकेदारों से पारदर्शिता सही योजना ईमानदारी के साथ सभी आधारभूत विकास योजनाओं को लागू करने और सरकार द्वारा इस मद में जारी की गई धनराशि का शत प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने को कहा है राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा और राज्य की प्रथम महिला निलम मिश्रा ने राजकीय माध्यमिक विद्यालय पाक्के केसांग का निरीक्षण किया उन्होंने छात्रों और अध्यापको के साथ बातचीत में विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा खेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का सुझाव दिया मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की विविधता की कोई तुलना नही है कमले जिले के दोलुंगमुख में बावनवें बूरीबूट यूल्लो समारोह को संबोधित करते हुए श्री खांडू ने लोगों से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का उपयोग करने की अपील की उन्होंने कहा कि विदेशी पर्यटक अरुणाचल में आध्रनिकता की अनुभूति प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि समृद्ध स्वदेशी संस्कृति के लिए आते हैं श्री खांडू ने कहा कि देशी आदिवासी संस्कृति का अनुभव प्राप्त करने के लिए आने वाले पर्यटक आज पर्यटन उद्योग के सबसे तेजी से बढ़ते वर्गों में से हैं

इससे पहले श्री खांड्र ने नए उप विभागीय कार्यालय का उदघाटन किया और पीडब्लूडी उप मंडल कार्यालय की आधारशिला रखी केंद्रीय ने गोवंश के संरक्षण परिरक्षण और विकास के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है इससे देशी नस्लों के विकास और संरक्षण सहित देश में गोवंश के विकास को बढ़ावा मिलेगा इस आयोग की स्थापना से पशुधन क्षेत्र को ज्यादा समावेश बनाने में मदद मिलेगी और महिलाओं तथा छोटे और सीमांत किसानों को फायदा होगा यह आयोग गोवंश की नस्लों के विकास पशुपालन जैविक खाद और बायोगेस जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य में लगे केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों संगठनों पश् चिकित्सा या पश् विज्ञान या क्रषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर काम करेगा राष्ट्रीय कामधेन् आयोग स्थापित करने की घोषणा पहली फरवरी को बजट भाषण में की गई थी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनियमित जमा योजनाएं प्रतिबंध विधेयक दो हजार अटठारह में संशोधनों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीयमंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संशोधनों से अवैध रुप से धन जमा करने की गतिविधियों पर रोक लगाने और जमा कर्ताओं को धोखाधड़ी से बचाया जा सकेगा विधेयक में तीन तरह के आर्थिक अपराध श्रेणीबद्ध किए गए हैं इसमें अनियमित जमा योजनाएं नियमित जमा योजनाओं में फर्जीवाड़े से रकम जमा कराया जाना और अनियमित जमा योजनाओं में गलत ढंग से लेन देन शामिल हैं श्री प्रसाद ने बताया कि यह विधेयक केंद्रीय ऑनलाइन डेटाबेस बनाने में अहम भूमिका निभाएगा जिसमें समूचे देश की जमा राशि संबंधी गतिविधियों की सूचना के संग्रह और उन्हें साझा करने की व्यवस्था है केंद्र सरकार ने घुसपैठ रोकने के लिए सीमा प्रबंध के वास्ते अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग की योजना को मंजूरी दे दी है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल राज्यसभा में बताया कि पिछले चार वर्षों में देश की सीमाओं पर घुसपैठ के तीन हजार से ज्यादा मामले हुए हैं उन्होंने कहा कि पिछले महीने की चौबीस तारीख तक ऐसे सत्ताईस मामले संज्ञान में आए हैं श्री रिजिजू ने कहा कि बेहतर सीमा प्रबंधन के वास्ते अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए अंतर्देशीय विकास सीमा सुरक्षा संचार और नेवीगेशन भौगोलिक सूचना प्रणाली और सीमा बुनियादी ढांचा विकास क्षेत्रों की पहचान की गई है राज्य निर्वाचन आयुक्त हागे कोजिन ने कल लोअर सुबनसिरी जिले के अधिकारियों से स्वच्छता अभियान के उचित कार्यान्वयन के लिए दो अक्टूवर तक कार्य योजना को लागू करने का आह्वान किया राज्यपाल द्वारा नियुक्त स्वच्छ प्रचारक श्री कोजिन ने स्वच्छ भारत अभियान के कार्यान्वयन की स्थिति पर जीरो में समन्वय सह समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही